वित्त मंत्री ने बताया कि मनरेगा के तहत चालीस हजार करोड़ रूपए का अतिरिक्त आवंटन किया जायेगा जिससे तीन सौ करोड कार्य दिवस सजित होंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ाया जायेगा और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की जायेगी उन्हॉने सभी जिलों में संक्रामक रोगों के लिए समर्पित अस्पताल ब्लॉक बनाने की घोषणा की वित्त मंत्री ने स्कूली शिक्षा के लिए स्वयंप्रभा कार्यक्रम के तहत डीटीएच पर बारह नये चैनल शुरू करने और पीएम ई विद्या कार्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि साथ ही देश के सौ अग्रणी विश्वविद्यालयों को ऑनलाईन पाढ़यक्रम श्रू करने की भी अनुमति दे दी गई है कारोबार जगत में किए गए नवाचार की जानकारी देते हए वित्त मंत्री ने बताया कि ईज ऑफ डूइंग विजनेस के लिए कानून लाकर एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया जायेगा कारोबार में छोटी तकनीकी चूक को आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने कोविड नाइन्टीन संकट से निपटने के लिए राज्य सरकारों को अब तक चार हजार एक सौ तेरह करोड़ रूपये जारी कर दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गयी घोषणाओं का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि इन उपायों से स्वदेशी के माध्यम से स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा प्रदेश सरकार लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चला रही है अब तक साढे चार सौ रेलगाडियां श्रमिकों को लेकर प्रदेश पहंच चुकी हैं इन रेलगाडियों से पांच लाख चौसठ हजार प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को राज्य में वापस लाया गया है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि देश में सबसे अधिक प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश में आये हैं उन्होंने बताया कि गुजरात से सर्वाधिक दो सौ तेईस रेलगाड़ियां प्रदेश पहंची हैं इनसे तीन लाख प्रवासी श्रमिकों को लाया गया है इसके बाद महाराष्ट्र से सत्तानबे रेलगाड़ियों से एक लाख बीस हजार कामगारों पंजाब से अठहत्तर ट्रेनों से नब्बे हजार लोगों को राज्य में वापस लाया गया है इन ट्रेनों से आने वाले श्रमिकों के किराये का भुगतान सरकार कर रही है प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य है ऐसा न करने वालों से अब जुर्माना वसूला जाएगा अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर बिना फेस कवर या मास्क के पकड़ा जाता है तो पहली और दूसरी बार उस पर सौ रूपये का जुर्माना लगेगा इसके बाद पकड़े जाने पर प्रत्येक बार उसे पांच सौ रुपए का आर्थिक दंड भुगतना होगा दृपहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति को ही चलने की अनुमति है एक से अधिक व्यक्ति होने पर पहली बार ढाई सौ रुपए दूसरी बार पांच सौ रूपये तथा तीसरी और उसके बाद एक हजार रूपये का अर्थदंड लगाया जाएगा

आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ मंघर यादव ने कहा कि नागरिकों को साफ सफाई के बुनियादी नियमों और सुरक्षित दूरी बनाये रखने के निर्देशों का पालन करना चाहिये सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब भी आप बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें

तीसरी बात यह है कि आप सोशल जिस्टेसिंग मेनटेन करें और चौथी बात यह है कि जो कोई भी आदभी खांसता है या छींकता है आप हमेश उससे अपने आप को दूर रखें मशहर फिल्म अभिनेता अभिताम बच्चन ने लोगों से कोरोना से मिलकर मुकाबला करने की अपील की है उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण को र्फलने से रोकने के लिए हर किसी को सावधानी बरतनी चाहिए और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए

इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने हॉंगे

भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें देश के कई राज्यों में आत्म निर्मर भारत पैकेज के अंतर्गत प्रवासियों के लिए अनाज वितरण का कार्य शुरू हो गया है सरकार ने बहस्पतिवार को प्रवासियों फेरीवालों किसानों और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए दसरे वित्तीय राहत उपायों की घोषणा की थी इसमें बिना राशन कार्ड वाले करीब आठ करोड़ प्रवासियों को अगले दो महीने तक पांच किलो प्रति व्यक्ति गेहूं या चावल तथा एक किलो चना प्रति परिवार निशुल्क दिया जाएगा